केन्द्र सरकार नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम की तैयारियो की समीक्षा कर रही है

श्री संजीव कुमार ने कहा कि विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों की हवाई अड्डों पर अनिवार्य स्क्रीनिंग की जा रही है

इस व्यक्ति ने हाल ही में थाईलैंड और मलेशिया की यात्रा की थी संजीव कुमार ने बताया उसे अस्पताल में अलग रखा गया है और उसकी हालत स्थिर है

इनकी थाइलैंड और मलेशिया की ट्रैवल हिस्ट्री है

संजीव कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल रात इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जांच तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्थित अस्पतालों के मालिकों के साथ भी तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की प्रदेश में भी कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर पूरी सतर्कता बरती जा रही है विदेश यात्रा से लौटने वाले सभी लोगों का अनिवार्यतः परीक्षण किया जा रहा है अस्पतालों में कोरोना से निपटने के लिए आइसोलेशन वार्डो का निर्माण किया गया है विभिन्न विभागों द्वारा इससे निपटने के लिए जागरूकता कार्यक्रमो का आयोजन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर राज्य में मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अधिकांश मंत्रियों ने होली के अवसर पर सार्वजनिक समारोहों में शामिल न होने का निर्णय लिया है

इसलिए इससे निपटने के लिए ठोस कार्रवाई करने का समय आ गया है उन्होंने यह भी कहा कि अनेक देश इस वायरस से निपटने के लिए जरूरी उपाय नहीं कर रहे हैं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

कानून व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों का जिक करते हुए पुलिस महानिदेशक ने कहा कि दूसरे राज्यों स यहां आकर अपराध करने वाले अपराधी आर छोटी छोटी बातों पर होने वाले उग्र प्रदर्शन हाल में एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरे हैं बाइट अपराध नियंत्रण के काम में जो अपराधियों का इंटरस्टेट मुवमेंट इतना ज्यादा हो गया है उससे हमको दिक्कत आई है थोड़ी हम कोऑडिनेशन कर रहे हैं लेकिन यह एक चैलेंज है जहां तक शांति व्यवस्था का बिन्दु है छोटी छोटी बातों का इजिटेशन हो जा रहा है छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा लोग सड़क पर निकल आ रहे हैं तो इसकी वजह से जो हमारे फोर्स को नार्मल डिप्लाइमेंट है वह करने की जगह फायर फैटिंग का एक आस्पेक्ट पैदा हो जा रहा है

प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पिछले तीन दिनों के दौरान हुई ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है हमारे संवाददाता ने बताया कि मौसम विभाग ने कल भी आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है डिस्पैच बस्ती बिजनौर हापुड़ बदायूं अयोध्या और अमरोहा जिलों में बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है राजधानी लखनऊ में भी कल दोपहर बाद काफी देर तक ओले गिरे कई इलाकों में खेतों में तैयार खड़ी गेहूं और सरसों की फसल तबाह हो गई है तेज हवाओं की वजह से पेड़ और बिजली के खम्भे उखड़ गए जिससे आवागमन बाधित हुआ है और बिजली की आपूर्ति पर भी असर पड़ा है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ आज भी राज्य के पीलीभीत लखीमपुर खीरी बदायूँ शामली फिरोजाबाद मुरादाबाद बरेली कानपुर देहात संभल अलीगढ़ आगरा अमरोहा बिजनौर सहित कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ वर्षा दर्ज की गई कई स्थानों पर पानी भर जाने और ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ बदायू में खराब मौसम के कारण कल विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है जनपदों में जिला प्रशासन ने राहत कार्यो के लिए टीमों का गठन कर कार्य पर लगाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही प्रभावित जनपदों में तत्काल राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं

गृहमंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है इस दौरान कर्मचारियों से अपनी उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज करने को कहा गया है उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषियों को अलग अलग फांसी दी जा सकती है शीर्ष न्यायालय ने कल केंद्र और दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के पांच फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी गयी है जिसमें कहा गया था कि निर्भया मामले के सभी चार दोषियों को एक साथ फांसी दी जाएगी केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए सोलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि इन दोषियों ने न्याय प्रक्रिया का फायदा उठाते हुए अपनी सजा को टालने का हर उपाय किया है इससे पहले दिल्ली की एक सत्र अदालत ने चारों दोषियों मुकेश कुमार सिंह पवन गुप्ता विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को बीस मार्च को सुबह साढ़े पांच बजे फांसी देने का नया डेथ वारंट जारी किया स्चना आयुक्त बिमल जुल्का को केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में बिमल जुल्का को पद की शपथ दिलाई